प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में चल रही प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा की सराहना की है दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने तीन माओवादियों को किया गिरफ्तार

अटल विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ देश में किसानों को धान की सबसे ज्यादा कीमत देने वाला और वनवासियों को सबसे अधिक तेन्द्रपत्ता बोनस देने वाला राज्य है अटल विकास यात्रा के दौरान आज रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है साथ ही प्रदेश के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि धरमजयगढ़ बहत जल्द सिक्सलेन सड़क से जुड़ जाएगा भारत माला परियोजना के तहत इस सड़क की मंजूरी मिल गई है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने धरमजयगढ़ शासकीय महाविद्यालय में अगले शिक्षा सत्र से स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने की घोषणा भी की इसके अलावा उन्होंने करीब दो सौ करोड़ रूपये की लागत के पंद्रह विभिन्न निर्माण कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया साथ ही करीब सैंतालीस हजार हितग्राहियों को लगभग छियालीस करोड़ रूपये की सामग्री और सहायता राशि के चेक वितरित किए मुख्यमंत्री ने इससे पहले बिलासपुर जिले के कोटा में करीब एक सौ तीस करोड़ रूपये के पैंतीस विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया साथ ही उन्होंने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कोटा में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद जो विकास नहीं हुआ वो पिछले पंद्रह सालों में हुआ है प्रदेश सरकार की योजनाओं से लोगों की आर्थिक दशा पहले से बेहतर हुई है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है प्रधानमंत्री बधाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में चल रही प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा की सराहना की है श्री मोदी ने आज अपने ट्वीटर संदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में अटल विकास यात्रा को शानदार सफलता मिल रही है उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी और छत्तीसगढ़ में हो रही प्रगति की प्रशंसा भी की सुब्रत साहू सांकेतिक वोटिंग मशीन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने स्पष्ट किया है कि मतदाता जागरूकता के लिए उपयोग में लायी जाने वाली सांकेतिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीनों से किसी भी परिस्थिति में एक्जिट पोल नहीं कराया जा सकता ये सभी सांकेतिक मशीनें मतदाताओं को केवल वोटिंग की जानकारी देने और मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए उपलब्ध कराई गई है इन मशीनों में किसी वास्तविक प्रत्याशी या राजनीतिक दल का नाम नहीं लिखा होता बल्कि किसी काल्पनिक प्रत्याशी का नाम लिखा होता है श्री साहू ने बताया कि प्रशिक्षण और मतदान के लिए उपयोग में लायी जाने वाली सांकेतिक मशीनों की सीरिज भी अलग है और इस कार्य में उपयोग में लायी जाने वाली मशीन राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही प्राथमिक जांच के बाद ही उपयोग में लायी जा सकती है उन्होंने राजधानी रायपुर स्थित अपने कार्यालय में सरगुजा और कोरिया जिलों से प्राप्त शिकायत को संज्ञान में लेकर दोनों जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट ली श्री साहू ने बताया कि किसी भी प्रशिक्षक द्वारा वोटिंग मशीनों को अपने घर में नहीं रखा जा रहा है प्रदर्शन के बाद मशीन तहसील कार्यालय के भण्डार कक्ष या कोषालय में रखी जा रही है मशीन के प्रदर्शन के पहले और उसके बाद ऐसी मशीनों के परिवहन का लेखाजोखा भी नियमित रूप से रखा जा रहा है उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार के वोटिंग मशीनों की जब्ती पुलिस द्वारा नहीं की गई है उन्होंने बताया कि पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ राज्य के प्रत्येक जिले में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है मुख्यमंत्री फेसब्क मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल शाम अपने निवास कार्यालय पर सोशल मीडिया के साईट फेसबुक पर करीब एक घंटा आम लोगों से संवाद किया यह चर्चा मुख्य रूप से वर्ष दो हजार पच्चीस तक प्रदेश के विकास को नया रूप देने के लिए तैयार किए गए नवा छत्तीसगढ़ के विषय पर केंद्रित रही संवाद के दौरान मुख्यमंत्री से लोगों ने करीब डेढ़ हजार प्रश्न पूछे

इस दौरान नवा छत्तीसगढ़ के विचार को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया उन्होंने युवाओं से नवा छत्तीसगढ़ के संबंध में अपने सुझाव भेजने की अपील भी की

इस अस्पताल के शुरू होने से राज्य के लोगों को उचित दर पर उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी गौरतलब है कि राजधानी रायपुर के मध्य में स्थित दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल का जीर्णोद्वार कर मल्टी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थापित सिकलसेल इंस्टीट्यूट का शुभारंभ भी आगामी उनतीस तारीख को किया जाएगा स्वच्छता अभियान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि करीब छह लाख पचास हजार स्कूलों ने स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया वे आज नई दिल्ली में वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे श्री जावडेकर ने कहा कि ये पुरस्कार यह सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं कि स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार में निरंतर परितर्वन होता रहे माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और डीआरजी का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान कनकीपारा गांव के पास घेराबंदी कर तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया इन पर विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है

साथ ही अनेक बेसहारा महिलाओं के लिए भी यह योजना वरदान सिद्ध हो रही है

संस्कृति मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि प्रदेश के कलाकारों को महत्व देने और उनकी सुविधा के लिए यह वेबसाइट बनाई गई है उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से कलाकारों को संस्कृति विभाग से सीधे संपर्क करने का अवसर मिलेगा उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग में पंजीयन कराने वाले कलाकारों को विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी मौसम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से आज प्रदेश में राजधानी सहित विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें पड़ी रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बीते चौबीस घंटों के दौरान रायपुर दुर्ग बिलासपुर और बस्तर संभाग में अनेक स्थानों पर दो से तीन सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई अगले चौबीस घंटों के बारे में अनुमान है कि प्रदेश में सरगुजा रायपुर और बस्तर संभाग में विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है

रायपुर के नजदीक निमोरा स्थित ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान में कल और परसों जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है महासमुंद जिले के खल्लारी थाना अंतर्गत अरण्ड गांव में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई द्र्ग जिले के रानीतराई में बिजली खंभों की चोरी के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है इनके पास से करीब तीस लाख रूपये मूल्य के खंभे बरामद किए गए हैं